उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा महापुरूषों को सम्मान देने के लिए प्रदेश के हर जिले में उनके नाम से सड़कों का किया जायेगा नामकरण ग्यारहवां विश्व हिंदी सम्मेलन कल मारिशस में संपन्न प्रदेश में विभिन्न जिलों में नदियां उफान पर बाढ़ की स्थिति गंभीर भारत रत्न पूर्व प्रघानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्वांजलि देने के लिए कल नई दिल्ली के इंदिरा गांवी स्टेडियम में सर्वदलीय प्रार्थना समा का आयोजन किया गया प्रार्थना समा में विभिन्न राजनैतिक दलों के नेता अटल जी की बेटी नभिता नातिन निहारिका और गणमान्य नागरिक मौजूद थे प्रार्थना सभा को संबोधित करते हए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि जीवन कितना लम्बा हो यह हमारे हाथ में नहीं है लेकिन जीवन कैसा हो यह हमारे हाथ में है

उन्होंने कहा कि अटल जी में सबको साथ लेकर चलने की अद्भुत क्षमता थी श्री मोदी ने कहा कि वे कभी किसी के दबाव में नहीं आये क्योंकि वे अटल थे जीवन कितना लंबा हो यह हमरो हाथ में नहीं लेकिन जीवन कैसा हो यह हमारे हाथ में है और अटल जी ने यह जी करके दिखाया कि जीवन कैसा हो क्यों हो किसके लिए हो कैसे हो और जीवन सच्चे अर्थो में वही जी सकता है जो पल को जीना जानता हो और पत पत को जिसने जी करके जिन्दगी को संवारा सजाया और जनसामान्य के लिए खपा दी किशोर अवस्था से लेकर जीवन के अंत तक शरीर ने जब तक साथ दिया ये जिये देश के लिए देशवासियों के लिए वसूलों के लिए सामान्य मार्मिक अरमानों के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय वाजपेई जी ने काफी लम्बा वक्त विपक्ष में रह कर गुजारा लेकिन कभी भी अपनी विचाखारा से समझौता नहीं किया लोकतंत्र के मूलभूत चिंतन को पूर्णतया समर्पित रहते हुए संसदीय लोकतंत्र की हर परम्परा को गौरवगान करते हुए जन सामान्य के लिए आवाज तन करके जीना और अवसर आया जीवन को उन सपनों को पूरा करने के लिए लगा दे

प्रार्थना समा में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने अटल जी के साथ बिताये अपने पलों को साझा करते हुए बताया कि हमने बहत कुछ अटल जी से सीखा और पाया प्रार्थना समा में संघ प्रमुख मोहन भागवत भाजपा अध्यक्ष अभित शाह योग ग्रू स्वामी रामदेव कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती नेशनल कांफ्रेंस के नेता फारूख अब्दुल्ला समेत देश के कई दिग्गज नेता मौजूद थे प्रदेश की राजघानी लखनऊ में भी तेईस अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई को श्रद्वांजलि देने के लिए प्रार्थना समा आयोजित की जाएगी जिसमें केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अटल जी के परिजन तथा अन्य लोग भाग लेंगे पूर्व प्रधानमंत्री की अस्थियां कलउत्तराखण्ड के हरिद्वार में गंगा नदी में उनकी बेटी नमिता भट्टाचार्य द्वारा प्रवाहित की गई पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई व कर्पूरी ठाकुर समेत अन्य महापूर्वों को सम्मान देने के लिए प्रदेश के हर जिले में उनके नाम पर सड़कों का नामकरण किया जायेगा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल लोक निर्माण विभाग से इस संबंध में जिलेवार रिपोर्ट और प्रस्ताव मांगा है श्री मौर्य ने कहा कि प्रत्येक महान और प्रमुख हस्तियों को सम्मान दिया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि बसपा के संस्थापक कांशीराम और समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया और जय प्रकाश नारायण के नाम से भी प्रदेश में सड़कें बनाई जायेंगी उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में एक सड़क कूर्यरी ठाक्र के नाम पर बनायी जायेगी इस रोड पर उनके नाम का एक बोर्ड भी लगाया जायेगा इससे समाज में यह संदेश जायेगा कि एक नेता मुख्यमंत्री जैसे पद पर रहते हुए समाज में कैसे एक सामान्य जीवन व्यतीत करता था श्री मौर्य ने समी क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं से उन मार्गो की सूची बनाने के लिए कहा है जिनका नामकरण महापुरूषों के नाम पर किया जाना है ग्यारहवां विश्व हिंदी सम्मेलन कल मारीशस में संपन्न हो गया इस अक्सर पर कल पोर्ट लुई में मॉरीशस के कार्यवाहक राष्ट्रपति परमशिवम पिल्लई व्यापुरी ने कहा है कि हिन्दी विश्व शांति को सुद्द बनाएगी भारत के विदेश राज्यमंत्री एमजे अकबर ने धन्यवाद ज्ञापन करतेहुए कहा कि विश्व के अनेक भागों में हिन्दी बहुत लोकप्रिय है और वह चुपचाप आगे बढ़ रही है विदेशमंत्री सुषमा स्वराज गोवा की राज्यपाल मुदुला सिन्हा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केरारी नाथ त्रिपाठी सहित भारत और मॉरीशस के अनेक मंत्री समापन सत्र में मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की छब्बसी तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश में लोगों के साथ अपने विवार साझा करेंगे यह इस कार्यक्रम की सैंतालिसवीं कड़ी होगी श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि लोग नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं ये दोल फ्री नम्बर एक आठ शुन्य शुन्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर कॉल करके हिन्दी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड कर सकते हैं रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेशों को कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है कानपुर प्रेस क्लब में कल पत्रकारिता जन जागरण विषय पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया प्रवीण शोघ संस्थान द्वारा आयोजित इस गोप्ठी में मुख्य अतिथि के ए पद्मेश ने आकाशवाणी के सेवानिवृत्त वरिष्ठ पत्रकार यद्नन्दन चतुर्वेदी को प्रवीण पत्रकार सम्मान से सम्मानित किया देश के हर गांव तक बिजली मुहैया कराने के उदेश्य से केन्द्र सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर सौमाग्य योजना शुरू की हैं इन दोनों योजनाओं से उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर लोगों को लाष हो रहा है उत्तर प्रदेश के वो गांव जो आजादी के बाद से ही अंधेरे में थे वहां आज केंद्र सरकार की दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्वोति योजना के तहत बिजली पहंच चुकी है हरदोई जिले के तउरा गांव के कई मजतों में दीन दयाल उपाघ्याय विध्यतीकरण योजना के जरिए पहली बार गरीबों के घरों में विजली की रोशनी पहुंची

गांव की ही निवासी फूलमती कहती हैं कि न केवल बिजली आने से उनका जीवन आसान हुआ बल्कि मिट्टी के तेल का खर्च भी बचा

सहज बिजली हर घर योजना यानी सौमाग्य योजना के तहत प्रदेश में लाखों गरीब परिवारों को बिजली कनेक्सन निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है इस योजना के तहत संभल के सुलतानपुर गांव के दिलशाद को विजली का कनेक्शन मिला

प्रदेश में केंद्र सरकार की इन दोनों महत्वाकांक्षी योनजाओं से लाखों गरीब परिवार को विजली के कनेक्सन मिले है और उनकी जिंदगी में व्यापक बदलाव आया है सुसील चंद्र तिवारी आकासवाणी समाचार लखनऊ प्रदेश में विभिन्न जनपदों में बाढ़ की स्थिति अमी भी गंमीर बनी हुई है राज्य की प्रमुख नदियां शारदा घाघरा सरयू और राप्ती उफान पर है जिससे नदी के आसपास के सैकड़ों गांव जलमग्न हो गये हैं बस्ती जिले के हरैया और बस्ती सदर तहसील के दर्जनों गांव घाघरा नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर से बुरी तरह से प्रमावित है जिले में घाघरा नदी खतरे के निशान से पवास सेंटीमीटर ऊपर वह रही है प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं संवेदनशील क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है उघर गोण्डा और मऊ जिले में घाघरा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है गोण्डा के कई गांवों में पानी घुस गया है टापू बने इन गांवों में प्रशासन को राहत सामग्री वितरित कराने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वहीं मऊ र्मे कई सम्पर्क मार्गो पर पानी भरने से आवागमन बाधित हो गया है जिले के परसिया जयरामगिरि दुबारी भैरोपुर और सूरजपुर में बाढ़ चौकियों की स्थापना की गई है बाढ़ प्रमावित क्षेत्रों से लोगों को नाव की सहायता से राहत शिविरों तक पहंचाया जा रहा है